सातवां चरण मतदान लोकसभा चुनाव के सातवें और आखिरी चरण के मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं इस चरण में सात राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश के उनसठ निर्वाचन क्षेत्रों में कल वोट डाले जाएंगे सातवें चरण में उत्तर प्रदेश और पंजाब में तेरह तेरह पश्चिम बंगाल में नौ बिहार और मध्य प्रदेश में आठ आठ हिमाचल प्रदेश की सभी चार झारखण्ड में तीन और केन्द्रशासित चंडीगढ़ में एकमात्र संसदीय सीट के लिए मतदान होगा मतगणना प्रशिक्षण लोकसभा चुनाव के तहत आगामी तेईस मई को प्रदेश के सभी ग्यारह संसदीय क्षेत्रों में तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना होगी जिला मुख्यालयों में होने वाली मतगणना के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है इस सिलसिले में कल रायपुर में सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों और उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया इस दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ईवीएम मशीन से अंतिम चक्र की गणना के बाद सभी विधानसभा क्षेत्र के पांच पांच मतदान केन्द्रों के वीवीपैट के मतों की गिनती भी की जाएगी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अधिकारियों को मतगणना की तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए उन्होंने मतगणना स्थलों पर संवेदनशीलता के मद्देनजर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम करने को कहा उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के वेबसाइड और वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन के जरिए मतगणना की पल पल की जानकारी मिलती रहेगी प्रशिक्षण के दौरान यह भी बताया गया कि मतगणना कोन्द्रों में मीडिया सेंटर स्थापित किए जाएंगे इसके लिए मीडिया प्रतिनिधियों को प्रवेश प्राधिकार पत्र जारी किए जा रहे हैं मतगणना कक्ष में मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित रहेगा मीडिया प्रतिनिधि मीडिया सेंटर तक अपने मोबाइल ले जा सकेंगे मतगणना भाजपा बैठक लोकसभा चुनाव के तहत तेईस मई को होने वाली मतगणना को लेकर राजनीतिक दलों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं भाजपा ने आज रायपुर स्थित एकात्म परिसर में आयोजित पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में मतगणना की तैयारियों की समीक्षा की बैठक में पार्टी के सभी प्रत्याशियों और चुनाव संचालकों को मतगणना के दौरान की प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए निर्देशित किया गया बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्र रमन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी भी मौजूद थे आकाशवाणी मतगणना विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी नई दिल्ली के समाचार सेवा प्रभाग ने लोकसभा और चार राज्यों की विधानसभा चुनाव के ताजा रूझान और परिणामों के प्रसारण के व्यापक प्रबंध किए हैं देश का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क आकाशवाणी चुनाव पर पहली बार चालीस घंटे लगातार विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा आकाशवाणी समाचार तेईस मई सुबह सात बजे से चौबीस मई रात ग्यारह बजे तक हिंदी और अंग्रेजी में विशेष जनादेश दो हजार उन्नीस प्रस्तुत करेगा स्ट्रंडियो में उपस्थित विशेषज्ञ परिणामों का विश्लेषण करेंगे कार्यक्रम ऑल इंडिया रेडियो के एफएम गोल्ड और अन्य चैनलों पर सुना जा सकेगा

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने कल चिटफंड कंपनी द्वारा किए गए अपराधों की विवेचना के दौरान संबंधित कंपनियों की ज्ञात संपत्ति की कुर्की न्यायालय के माध्यम से कराए जाने के संबंध में सभी जिलों के नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए श्री जुनेजा ने नोडल अधिकारियों से कहा कि चिटफंड कंपनियों के मामलों में शीघ्र ही संपत्ति कुर्की की कार्रवाई करते हुए निवेशकों की धन वापसी को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी कंपनियां जिनकी चल अचल संपत्ति ज्ञात नहीं है उनके संबंध में टीम गठित कर संपत्तियों की जानकारी प्राप्त करते हए संपत्ति कुर्की की कार्यवाही की जाए उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के तहत अधिनियम के लागू होने के बाद अब तक कुल एक सौ तिरसठ आपराधिक प्रकरण पंजीबद्व किये गये हैं अधिनियम में विशेष न्यायालय के माध्यम से संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान है अब तक पैंसठ प्रकरणों में संबंधित कंपनियों की संपत्ति कुर्की के अंतरिम आदेश जिला कलेक्टर के माध्यम से जारी किए गए हैं अंतिम आदेश के लिए न्यायालय के समक्ष प्रकरण पेश करने की प्रक्रिया चल रही है

यह माओवादी केरलापाल एरिया कमेटी की सदस्य और सीएनएम अध्यक्ष के रूप में सक्रिय थी इस माओवादी पर विभिन्न हिंसक वारदाताओं में शामिल रहने का आरोप है वहीं सुकमा जिले के पोलमपल्ली थाना क्षेत्र में दो स्थाई वारंटी माओवादियों ने आज राज्य शासन के पुनर्वास योजना से प्रभावित होकर एसडीओपी और सीआरपीएफ के अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया दूसरी ओर माओवादियों द्वारा किए गए बस्तर बंद के आहवान के चलते अंदरूनी इलाकों में यात्री बसों सहित अन्य वाहनों की आवाजाही पर असर पड़ा है इसके मद्देनजर प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों द्वारा गश्त तेज कर दी गई है सीआरपीएफ जागरूकता केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने प्रदेश के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति जन जागरूकता अभियान शुरू किया है सुकमा जिले के संवेदनशील क्षेत्रों में सीआरपीएफ की चौहत्तरवीं बटालियन के जवानों ने बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने एक विशेष अभियान चलाया इस दौरान बच्चों और युवाओं द्वारा नाटक और नृत्य के माध्यम से शिक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है सीआरपीएफ के कमांडेट प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि पुसवाड़ा से शुरू किए गए इस अभियान के दौरान बच्चों को प्रोत्साहन स्वरूप शिक्षण सामग्री भी वितरित की गई बुद्ध पूर्णिमा आज बुद्ध पूर्णिमा है देश के विभिन्न भागों में बुद्ध पूर्णिमा श्रद्दापूर्वक मनायी जा रही है बिहार में मुख्य समारोह बोधगया में महाबोधि मंदिर में आयोजित किया गया है जहां भगवान बुद्ध ने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था प्रदेश में भी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है जिले की चिटठी श्रोताओं आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजकर पांच मिनट पर जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा प्रसारित किया जाएगा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 इस बार के अंक में सुकमा जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी मौसम प्रदेश के अनेक इलाकों में इन दिनों भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है रायपुर सहित विभिन्न शहरों में अधिकतम तापमान पैंतालीस डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है तापमान में वृद्धि और भीषण गर्मी के चलते सामान्य जन जीवन भी प्रभावित हुआ है रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र से मिली जानकारी के मुताबिक अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों के कुछ स्थानों पर तेज गर्म हवाएं चलने की संभावना है वहीं एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है प्रदेश के मध्य भाग में कहीं कहीं लू की स्थिति बनने की भी चेतावनी दी गई है

आरोपियों के पास से बंदूक और चाकू बरामद किया गया है

संबंधित दुकानदारों को नोटिस जारी किया जा रहा है

वहीं जुर्माने के तौर पर इन वाहन मालिकों से लगभग तीन लाख रूपए राशि वसूल की गई है